दिमागी बुखार और जापानी एनसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए किया जाएगा एक विशेषज्ञ समूह का गठन प्रदेश में मानसुन पूर्व की बारिश का दौर जारी कई स्थानों पर बारिश के बाद मौसम में आई ठंडक

भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिड़ला को नामांकित किया है कल ओम बिड़ला ने लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन पत्र भरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कोन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अमित शाह और नितिन गडकरी ने ओम बिड़ला के नाम का प्रस्ताव रखा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के अन्य घटक दलों ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया है कांग्रेस ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है लेकिन वह ओम बिड़ला की उम्मीदवारी का विरोध भी नहीं करेगी कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल से अपने वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया है पार्टी अध्यक्ष राहल गांधी और पार्टी संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने अन्य नेताओं के साथ चर्चा के बाद श्री चौधरी को सदन में पार्टी का नेता बनाने का फैसला किया पार्टी ने इस संबंध में लोकसभा सचिवालय को पत्र लिखकर सूचित कर दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संसद में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर आज नई दिल्ली में बैठक करेंगे

बैठक की कार्यसूची में संसद की उपयोगिता बढ़ाने और देश के विकासशील जिलों की प्रगति के बारे में भी चर्चा होगी प्रधानमंत्री ने कई बार एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर सहमति जताई है पिछले साल मन की बात कार्यक्रम में भी उन्होंने इस विचार पर बहस को लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत बताया था उन्होंने कहा था कि देश की राजनीतिक संस्कृति में बदलाव लाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी

अजमेर के जिला कलक्टर ने इसकी तैयारियों के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिये हैं योग दिवस के सिलसिले में प्रदेश के अन्य जिलों में भी तैयारियां जोरों पर है

हनुमानगढ में भी योग दिवस मनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं

आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर योग दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है

राम जन्मभूमि परिसर में हुए विस्फोट मामले के चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है अदालत ने एक अभियुक्त मोहम्मद अजीज को बरी कर दिया है

प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं श्रोता नमो ऐप ओपन फोरम और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से विचार साझा कर सकते हैं

दिमागी बुखार और जापानी एनसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित किया जाएगा यह समूह इसके लिए दीर्घकालीन उपाय सुझायेगा इसमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र एम्स भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद विज्ञान और टैक्नोलॉजी मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा कल नई दिल्ली में विशेषज्ञों के समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन ने इस समूह के गठन का निर्देश दिया बैठक में बिहार के मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार से बड़ी संख्या में बच्चों की मौत के मुद्दे पर भी विचार किया गया उधर बिहार सरकार ने दिमागी बुखार से पीड़ित बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में और डॉक्टरों की तैनाती करने का फैसला किया है सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में खाद का बफर स्टॉक रखा जाए कल जयप्र में अपने विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि फसली ऋण के लिए ऑनलाईन पंजीयन की सुविधा जारी है और ऑनलाईन पंजीयन करवाने वाले किसानों को शीघ्र ही फसली ऋण वितरित किया जाएगा

परीक्षा के प्रवेशपत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं अभ्यर्थी अपना प्रवेशपत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा

सवाईमाधोपुर में कल शाम से शुरू हई बुंदाबांदी देर रात तक रूक रूक कर चलती रही उधर बुंदी जिले में भी मध्यम दर्जे की बरसात का दौर जारी है

धौलपुर में देर रात से जारी हल्की बरसात का दौर अभी भी बना हुआ है टोंक में भी रिमझिम वर्षा हो रही है बांसवाड़ा में कल रात तेज बारिश हुई इस बीच झालावाड़ में आज सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है और मौसम में ठंडक आ गई है

एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री नई दिल्ली में राजनीतिक दलों के प्रमुखों के साथ करेंगे बैठक दिमागी बुखार और जापानी एनसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए किया जाएगा एक विशेषज्ञ समूह का गठन